राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल के निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि वैक्सीन की डोज आने में अभी तीन से चार सप्ताह का समय लग सकता है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादूर जी के साहस और निचले वर्ग की सेवा करने के प्रयासों का दूनियाभर में सम्मान है श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते हैं यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सभी श्रम योगियों को श्रभकामनाएं दी हैं एक टवीट में उन्होंने कहा कि श्रमिकों के परिश्रम त्याग और सकिय योगदान से ही नए भारत का निर्माण संभव हो रहा है राजेन्द्र गर्ग खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की सुविधा उपलब्ध करवाई है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है फर्श पर तड़पती रही कोरोना मरीज सीएम को सुनाया दुखड़ा पंजाब केसरी का शीर्षक है सड़क पर तड़प रही थी कोरोना पॉजिटिव महिला तीमारदारों का सीएम जयराम के सामने बवाल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नाहन में मुख्यमंत्री के काफिले के आगे जमीन पर बिलखी मानवता दैनिक जागरण के अनुसार ऑक्सीजन की मांग बढ़ी पर कमी नहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है ज्वालामुखी में एसडीएम धनवीर ठाकुर ने निभाई जिम्मेदारी महिला की मौत परिवार भी संक्रमित पड़ोसियों ने बनाई दूरी तो एसडीएम ने करवाया संस्कार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की बिगड़ी तबीयत आईजीएमसी में भर्ती संबंधी ख़बर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है हिमाचल में जनता कर्फ्यू की तैयारी

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नाहन मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स आधार पर तैनात होंगे अतिरिक्त कर्मचारी अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है लगातार दो दिन से ज्यादा दुकाने बंद नहीं रख सकेंगे व्यापारी